इसके बाद एक देश के रूप में बांगलादेश का उदय हुआ था साथ ही दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सेना के सबसे बड़े समपर्ण की तस्वीर भी सामने आई थी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कई यादगार घटनाओं के प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई है नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध समर पर उदघाटन कार्यक्रम होगा

इस दौरान देश भर में आयोजित समारोहों में बुजुर्ग जवानों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से वीडियो कांफेसिंग के जरिए मंडी जिले के थुनाग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का लोकापर्ण करेंगे बाद में वे शिमला स्थित अनाडेल में विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री का बाद दोपहर सोलन जिले के वाकनाघाट में पर्यटन व सत्कार उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी है वेबनार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कल शिमला से महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबनार में भाग लिया इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और कोरोना काल में विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया

महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा ने कल चंबा में विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर लोगों में मास्क व सेनेटाईज़र वितरित किए इस दौरान मोर्चा की जिला अध्यक्ष कांता ठाक़्र ने बताया कि मास्क व सेनेटाईजर वितरित करने के अलावा लोगों को कोरोना से बचने के प्रति जागरूक भी किया गया अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण के शब्द हैं बिना कोरोना जांच एक पॉजीटिव एक नेगेटिव

पंजाब केसरी के शब्द हैं कोरोना संकट के बीच फिर एक हजार करोड़ कर्ज लेने की तैयारी हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है अपनी कृषि नीति लाएगी जयराम सरकार आपका फैसला का कहना है कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व प्रदान करने पर बल

किमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिव्य हिमाचल की एक खबर है

अमर उजाला ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के हवाले से लिखा है निजी स्कूलों को फिर टयूशन फीस ही लेने के निर्देश